मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले श्री जावडेकर ने कहा कि हर वर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढाया जा रहा है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारीत किये गये कृषि सुधार कानूनों से देश के किसानों का हित सुनिश्चित किया गया है इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की रिकॉर्ड खरीद हुई है लोगों में ये भ्रम है कि इस कृषि सुधार कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद बंद हो जायेगी जबकि वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और किसान अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे

इच्छुक उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकेंगे शुक्रवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे तथा इसी दिन प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जायेंगी

इससे पहले केन्द्रीय दल ने आज सुबह जयपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की

देश में कोविड के नए मामलों को रोकने में काफी सफलता मिल रही है

यातायात पुलिस जयपुर प्रेटर नगर निगम की ओर से गोले में रहो अभियान शुरू किया गया है इसके तहत लोगो को वाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर गोले में ही रहने और मास्क पहनने के वार्रे में जागरूक किया जा रहा है

चयनित संदेशो को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा

शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ गुणमाला जैन ने वताया कि आगामी फरवरी तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य निमोनिया के कारण होने वाली शिश्नओं की मृत्यु दर को कम करना है अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से समुद्राय में जागरूकता लाई जायेगी ताकि समय पर निमोनिया की पहचान की जा सके और इस रोग के खतरे की गंभीरता और उपचार के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके प्रसिद्ध बूंदी उत्सव इस बार नये रूप में नजर आयेगा जिला कलक्टर आशीष गुत्ता ने बताया कि इस साल कोविड महामारी के कारण उत्सव का आयोजन परम्परागत रूप से नहीं हो रहा है उन्होंने बताया कि उत्सव को इस बार सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है

अरूणाचल प्रदेश में सेना के वाहन के दुर्घटनग्रस्थ होने से भरतपुर जिले के सूबेदार राजेन्द्र सिंह गुर्जर की मृत्यु हो गयी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सूवेदार राजेन्द्र सिंह गुर्जर की मौत पर दुःख जताया है

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है आज कुछ स्थानों पर तापमान में कमी आई है वहीं कुछ जगहों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है